पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कल तिहाड जेल भेज दिया गया

उनकी जेड़ सुरक्षा का ख्याल रखते हुए उन्हें जेल में अलग कोठरी में रखे जाने के निर्देश भी दिये गये है

सार्वजनिक खरीद पोर्टल सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम वेन्डरों के आंकलन मे लिये एक ऐसी प्रणाली तैयार करेगा जिससे गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिकी सुनिश्चित हो सकेगी

उन्होंने कहा कि यह ऑनलाईन व्यवस्था होगी और इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा उन्होंने यह भी बताया कि केता विकेताओं की शिकायतों को दूर करने के लिये एक और ऑनलाईन प्रणाली बनाई जायेगी

बिजली मंत्री आर के सिंह ने एक समाचार एजेंसी के साथ विशेष बातचीत में ये जानकारी देते हुए बताया कि बिजली क्षेत्र में किये जा रहे सुधारों के तहत उपभोक्ताओं को यह अधिकार पहली बार दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि बिजली देना एक सेवा है और सेवा में कमी आने पर कंपनियों को जुर्माना देना पडेगा उन्होंने बताया कि यह सुधार फिलहाल मंत्रीमंडल के पास है जिसे जल्दी ही मंजुरी मिलने की उम्मीद है राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षक अब रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकते है कल जयपुर में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा की उन्होंने कहा कि सम्मानित शिक्षक अगर चाहें तो उन्हें आवासन मण्डल के मकान भी अतिरिक्त छूट के साथ उपलब्ध करवाये जायेंगे समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि षिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें धन कमाने का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल और निजी षिक्षण संस्थाए नो प्रोफिट नो लोस के सिद्धांत पर चलायी जानी चाहिए अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थानांतरित किया जाएगा

उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज को अजमेर जयप्र हाईवे स्थित कायड़ में स्थानांतरित कराया जाएगा जिसके लिए साठ बीघा जमीन चिन्हित करने के साथ ही उसकी मंजूरी मिल गई है उन्होंने कहा कि यह काम जल्द ही शुरू कराया जाएगा

राज्य के नवनियुक्त राज्यपाल कलराज मिश्र नौ सितम्बर को अपने पद की शपथ लेंगे राजभवन के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि श्री मिश्र आठ सितम्बर को जयपुर पहुंचेंगे और नौ सितम्बर को राज्यपाल पद की शपथ लेंगे नागौर के पास खरनाल गांव में वीर तेजाजी पैनोरमा बनाया गया है यह पैनोरमा राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण की ओर से पांच करोड रूपए की लागत से बनाया गया है प्राधिकरण ने कल इसे जिला प्रशासन को सौंप दिया है अब यह आमजन के लिए खोल दिया गया है

ब्रज क्षेत्र भरतपुर में आज राधाष्टमी की धूम रही मंदिरों में राधाजी का जन्मोत्सव धार्मिक रीतिरिवाज के साथ मनाया गया

आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह के नेतृत्व में आयोग के सदस्य अजय नारायण झा डॉ अशोक लाहिड़ी डॉ रमेश चंद और डॉ अनूप सिंह राज्य के दौरे पर रहेंगे आयोग के दौरे की शुरुआत जोधपुर से होगी जहां आईआईटी जोधपुर की ओर से जोधपुर रिसर्जेट प्लान पर प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा जयपुर में आयोग की विभिन्न बैठकें होंगी आयोग के सदस्य राज्य के उद्योग और व्यापार संगठनो के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे दौरे के अंतिम दिन आयोग की मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी मोर्हरम के जुलूस में लाईसेंस के मुताबिक ताजियों की ऊंचाई का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी कल मोहरम की तैयारियों और कानून व्यवस्था को लेकर आयोजित एक बैठक में यह जानकारी दी गई बैठक में जयप्र के जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने कहा कि मोहर्रम का त्यौहार आपसी सहयोग और भाईचारे से मनाया जाना चाहिये उन्होंने विभिन्न माध्यमों से फैलने वाली अफवाहों पर रोक लगाने के निर्देश भी दिये बैठक में अतिरिक्त पुलिस कमीश्नर अजय पाल लाम्बा ने मोहर्रम के दिन यातायात और कानून व्यवस्था के बारे में की गई तैयारियों की जानकारी भी दी

यह जानकारी देते हुए जेडीए पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए तीन विशेष दलों का गठन किया गया है उन्होंने बताया कि इन अतिक्रमणों के अलावा छः अवैध फार्म हाउसों द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी ध्वस्त किया गया है

मौसम विभाग ने आज सीकर उदयपुर अजमेर डूंगरपुर भीलवाडा और पाली में कई जगह भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है इस बीच कल टोंक झालावाड़ सहित कई जगह तेज उमस के बाद बारिश हुई